इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुन्देलखण्ड के विकास के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है उन्होंने कहा कि रसिन बांध और चिल्लीमल बांध परियोजनाओं से क्षेत्र में कृषि भूमि की सिंचाई सम्भव हो सकेगी जिससे किसानों को लाभ मिलेगा श्री योगी ने कहा कि इस वर्ष के अन्त तक बुन्देलखण्ड के अधिकाश गांवों तक हर घर नल योजना के अर्न्तगत पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि बुन्देलखण्ड में सड़क और हवाई यातयात सुदृढ़ करने के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के बाद दिल्ली तक की यात्रा मात्र पांच से छः घंटे में पूरी की जा सकेगी श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखण्ड में दो नये हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है उन्होंने कहा कि चित्रकूट और ललितपुर से भी हवाई सेवा शुरू की जाएगी

उन्होंने क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही इस परियोजना को इकत्तीस मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद क्षेत्र की पांच लाख की जनसंख्या को शुद्द पेयजल उपलब्ध होगा परियोजना से महोबा हमीरपुर और बादा जनपदों में डेढ़ लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा भी सुनिश्चित होगी अर्जुन सहायक परियोजना वर्ष दो हजार नौ में आठ सौ पचास करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से शुरू की गयी थी जिसकी लागत अब बढ़कर लगभग छ हजार करोड़ रूपये हो गयी है यह परियोजना मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित चौधरी चरण सिंह लहचुरा बांध से जोड़कर तैयार की जा रही है इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज बांदा जनपद में नौ सौ चौबीस करोड़ रूपये लागत की दो सौ उन्तीस परियोजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया इस अवसर पर उन्होंने स्वयंसहायता समूहों के लाभार्थियों को ई रिक्शा वितरित किये

श्री मोदी आज संसद भवन परिसर में आयोजित भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित कर रहे थे पार्टी सांसदों ने कोविड महामारी से निपटने और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूक करना है योजना के तहत सरकार लोगों को पांच लाख रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराती है हमारे संवाददाता ने बताया है कि आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने का यह अभियान इस महीने की चौबीस तारीख तक चलेगा गोल्डन कार्ड बनाने का कार्य प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पंचायत भवनों आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी राशन की दुकानों पर किया जाएगा हाल ही में राज्य के मुख्य सचिव ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा की थी और कहा था कि राज्य में अभी भी एक करोड़ छब्बीस लाख परिवारों को गोल्डन कार्ड दिया जाना वाकी है अब तक प्रदेश में एक करोड़ बीस लाख लामार्थियों को यह कार्ड दिए जा चुके हैं प्रदेश सरकार ने आगामी वर्ष के बजट में आयुष्मान भारत योजना के लिये तेरह सौ करोड़ रुपए और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए एक सौ बयालीस करोड रुपए स्वीकृत किए हैं

जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि शासन के निर्देश पर यह गोल्डन कार्ड निःशुल्क बनाए जाएगे अब तक लाभार्थी को तीस रुपये प्रति कार्ड शुल्क देना पड़ता था उन्होंने बताया कि जिले में अब तक दो लाख पैंतालीस हजार गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों और पंचायत भवनों में कैंप लगाकर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे

मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एन पी ग्प्ता ने बताया कि कालाजार की दृष्टि से क्शीनगर जिला संवेदनशील जिला है उन्होंने कहा कि हालांकि जनपद में इस साल अब तक कालाजार के दो रोगी ही मिले हैं यह रोग बालू मक्खी के काटने से होता है